विकसित देशों की त्लना में बेहतर है हमारी स्थिति

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार दो सौ इक्यावन हो गई

हालांकि इसके बावजूद श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव अभी स्थानीय स्तर पर है और इसका फैलाव सामूदायिक स्तर तक जाने का प्रमाण नहीं है

निर्देश जमात म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि तबलीग जमात में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के नागरिकों को क्वॉरेन्टाइन में रखने की व्यवस्था की जाए गौरतलब है कि नई दिल्ली में क्छ दिन पहले तबलीग जमात का एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था इसमें पुरे देश के श्रद्धाल भाग लेने पहंचे थे

श्री चौहान ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण उन व्यक्तियों में दिखाई देते हैं तो उनके टेस्ट और इलाज की सम्चित व्यवस्था भी की जाए

इधर राजधानी भोपाल में इलाज के लिए नीमच से आए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान आज मौत हो गयी कोरोना की आशंका के चलते उसके सेम्पल लिए गए हैं हालांकि अभी रिपोर्ट आना बाकी है इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

जहां से वो मंबई पहंचा मंबई से इंदौर आया जहां उसे क्वारेटाइन किया गया था किंत् इंदौर से वो भाग निकला बाद में वो भोपाल में एक निजी अस्पताल में आकर भर्ती हुआ यहां स्थिति बिगड़ने पर एम्स में एडमिट किया गया है राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इंदौर में पूरी तरह लॉक डाउन का आज दूसरा दिन है

ये अशोकनगर जिले में फसल काटने आए थे और वापस अपने घर लौट रहे थे इन मजदूरों को पिपरई स्थित आश्रय स्थल पर रोका गया है

उधर आगरमालवा जिले में कल से एक दिन महिला और एक दिन प्रूष आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी कर सकेगें वहीं नरसिंहपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान की होम डिलिवरी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है भिंड में कोरोना वायरस के नियंत्रण संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने पर दो ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है देवास जिले में कल से लॉक डाउन को और सख्ती से लागू किया जायेगा उमरिया जिले मे लॉकडाउन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं दवारा खादयान्न के पैकेट बना कर दिहाड़ी श्रमिकों और जरूरतमंदों के घर पहंचाएं जा रहे हैं रायसेन जिले में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने सामग्री विक्रय की निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए दल गठित किए गए हैं

ये लोग जीराप्र से पांढ़र्ना जा रहे थे

उज्जैन जिले में कल से शुरू होने वाली गेंह खरीदी आगामी आदेश तक रद्द कर दी गई है नीमच में जिला प्रशासन ने स्थानीय कमल चौक पर सैनिटाइजर वाले फुवारे लगाए हैं ताकि लोग संक्रमण से बच सकें उधर धार में लोगों की स्विधा के लिए दवाफलसब्जी और किराना सामान की होम डिलिवरी की जा रही है

टीकमगढ़ सांसद डॉ वीरेंद्र खटीक ने सांसद निधि से एक करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है

वहीं सागर सांसद राजबहादुर सिंह ने कोरोना आपदा में सांसद निधि से एक करोड़ रुपये और अपने वेतन से एक लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है

जिससे गरीबों को भोजन की व्यवस्था की जा सके

इनमें तीन लाख से अधिक बिस्तर होंगे

इनमें सभी आवश्यक स्विधाएं होंगी इसके लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं विभिन्न जोनल रेलवे के चिकित्सा विभागों और स्वास्थ्य मंत्रालय के आय्ष्मान भारत विभाग से व्यापक परामर्श किया गया है

पुलिस सहायता नीमच में हाट मोहल्ला मंडी के पीछे स्थित एक प्रे मोहल्ले को पुलिस ने लॉक डाउन के चलते गोद लिया गया है

ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े पुलिस ने यहां लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें